आज संसद के पुस्तकालय भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी

इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा बाइट भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान के छह तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में लॉन्च करेंगे और माननीय अमित भाई शाह तेलंगाना में लॉन्च करेंगे इतना ही नहीं जो एमपी है सिर्फ पॉलिटीकल चीज ब्यान बाजी इसमें सिर्फ इसमें न लगते हुए सेवा का रिक्गनेशन हर एक एमपी को हर एक जन प्रतिनिधि को होना चाहिए ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही तृष्ट देकर कहा केंद्र सरकार ने देश में जल संरक्षण के लाभ और जल संसाधनों के गिरते स्तर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जल शक्ति अभियान शुरू किया है नई दिल्ली में कल इसकी शुरूआत करते हुए जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण अब राष्ट्रीय प्राथमिकता है बाइट स्वच्छ पेयजल प्रत्येक घर को मुहैया हो सके भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटाउ पोर्टबल वॉटर एवैलबिलिटी को लगातार पिछले दशकों में घटती जा रही हैं जल को जन चेतना का विषय बनाया जाए आज लगभग आधा देश वॉटर स्ट्रेस की कंडीशन में है हमारा देश वॉटर स्केर्सिटी की कंडीशन तक ट्रांसफर नहीं हो जहां हमारी जल उपलब्धता एक हजार घन मीटर से कम हो जाए इसके लिए यह सही समय है जल शक्ति अभियान दो चरणों में शुरू किया गया है

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जल आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए जल शक्ति अभियान लोगों के बीच जल संरक्षण के फायदे और देश में पानी के कम होते स्रोतो के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए दो चरणों में शुरु किया गया पहला चरण पहली जुलाई से चलेगा जिसमें राज्य भाग लेंगे और दूसरा चरण एक अक्टूबर से तीस नवम्बर तक पूर्वोत्तर मानसून वाले राज्यों के लिए चलाया जाएगा प्रदेश मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में दो प्रस्तावों पर चर्चा की गयी मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग की बजटीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी जिसके साथ ही विभागों के प्रनर्गठन को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद बताया कि विभागों के पुनर्गठन को लेकर कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल में दोबारा चर्चा होगी बाइट माध्यमिक शिक्षा के उनके एक कमेटी बनायी गयी छह सदस्यों की उन्होंने कुछ सुझाव दिये वह सुझाव पर आज चर्चा हुई अब उनके अंदर कुछ भारत सरकार के अंदर भी नये मंत्रालय बन गये उनके कारण कुछ चेंजेज सुझाव भी आये हैं इसलिए फिर से एक हफ्ते में दस दिन में कोई टाइम लाइन ऐसे नहीं बनी है जल्द से जल्द उसपे फिर से विचार करते हुए हम लोग कैबिनेट में ले के जायेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी कर प्रणाली को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होने के दिशा में एक बड़ा कदम बताया है उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था ने प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया संकल्पना को भी साकार किया है श्री योगी कल जीएसटी के द्वितीय स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यकम को सम्बोधित कर रहे थे यह कार्यकम केन्द्रीय जीएसटी और प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि जीएसटी की सफलता में व्यापारियों उद्यमियों कारोबारी संगठनों तथा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों सभी का सहयोग रहा है श्री योगी ने कहा तकनीकी के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में कांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है उन्होंने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली को और सरल सुगम तथा सुदृढ़ बनाने के लिए संवाद की आवश्यकता है जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में राजस्व संग्रह लगातार बढ़ा है और इसमें बढ़ोत्तरी की काफी संभावनाएं हैं कार्यकम को प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल सीजीएसटी के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राजीव टंडन सहित अन्य लोगों ने भी सम्बोधित किया

राज्यसभा में शून्यकाल में सवालों के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि ऐसे फैसले करना संसद का अधिकार है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होती है उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के इन समुदायों को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करना चाहती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केन्द्र के पास भेजना होगा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

विधेयक में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान है विधेयक इस संबंध में पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सरकार आरक्षण और संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है

इससे पहले चर्चा शुरू करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनको पार्टी विधेयक की मूल भावना के खिलाफ नहीं है लेकिन इसकी संसदीय जांच की जरूरत है बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे ने कहा कि सरकार को उत्कृष्टता के संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए प्रदेश के कई भागों में आज हुई वर्षा से लोगों ने चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से राहत महसूस की राजधानी लखनऊ सहित पीलीभीत बरेली कौशाम्बी बदायूॅ हमीरपुर तथा अन्य जनपदों में तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी वर्षा दर्ज की गयी लखनऊ में तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ होर्डिंग और बिजली के खम्भे उखड़ कर सड़कों पर गिर गये जिसके कारण यातायात बाधित हुआ हमीरपुर में कल शाम से अलग अलग स्थानों पर वर्षा का कम जारी है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक इसी तरह का मौसम रहन का अनुमान व्यक्त किया है वहीं पांच जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर भारी वर्षा तथा छह जुलाई को प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है केन्द्र ने किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में गठित समिति की सिफारिशें लागू करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए अधिकार प्राप्त संस्था गठित की है कृ षि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को सिफारिश सौंपी थी श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि हाट सुधारों किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने उनके लिए खाद बीज वगैरह किफायती दरों पर मुहैया कराने सिचांई प्रबंधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर जोर दिया है श्री तोमर ने यह भी बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कई पहल की जा चुकी हैं समाप्त